उन्होंने कहा कि विश्व के दो तिहाई से ज्यादा देश मरुस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बंजर भूमि के साथ साथ हमें पानी की कमी की समस्या पर भी ध्यान देना होगा राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने पूर्वोत्तर परिषद की बैठक को कल संबोधित करते हुए राज्य के सामने शिक्षा से जुड़े आधारभूत ढांचे सड़क और हवाई यातायात काम काज में पारदर्शिता सतत विकास सहित राज्य में पुलिस व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र करते हुए उम्मीद जाहिर की कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की गतिविधियों में तेजी लाएगा परिषद की अड़सठवीं बैठक के मुख्य सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कौशल विकास उद्यमिता और स्वास्थ्य सुविधाओं के ब्रनियादी क्षेत्रों में बहुत काम किए जाने की जरुरत है राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है लेकिन संचार और संपर्क के साधनों के अभाव के कारण इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है डॉ मिश्रा ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास बहुत धीमा है जिसकी वजह से यह क्षेत्र राज्य के लिए पर्याप्त संख्या में रोजगार सृजन नहीं कर पा रहा है उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पूर्वोत्तर परिषद उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए थिंक टैंक का काम करेगा मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने भी कल पूर्वोत्तर परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत सारी योजनाओं जिनमें सामाजिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं भी शामिल है उनके लिए केंद्र द्वारा धनराशि का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है जिसके कारण अरुणाचल जैसे राज्यों को पर्याप्त धनराशि नहीं मिल पाती सम्मेलन में बोलते हुए श्री खांडू ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार को राज्य की इस विशेष स्थिति पर तत्काल ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि यहीं कारण है कि राज्य के करीब सात सौ से आठ सौ बस्तियों में सड़के नहीं बनाई जा सकी है क्योंकि वे केंद्रीय योजना के मापदंड को पूरा नहीं कर पाते उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किसी भी योजना का अरुणाचल में न होने पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसे सरकार द्वारा विशेषकर पूर्वोत्तर परिषद द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के क्रियान्वयन से पूरा किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने राज्य के बहुमुखी विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद से सहयोग की अपील करते हुए एक बार फिर से राज्य के लिए आई ए एस और आई पी एस अधिकारियों का अलग कैडर बनाने की मांग की केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन नेडा की स्थापना का उद्देश्य एन डी ए को ग्राम स्तर तक पहुंचाना था आज गुवाहाटी में गठबंधन के चौथे सम्मेलन कंक्लेव को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास महसूस कर रहा है केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आशा व्यक्त की कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण भाग बनेगा उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया

कार्यशाला में बोलते हुए प्रसार भारती के विशेष कार्य अधिकारी सिद्धेश्वर मिश्रा ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के दर्शकों और श्रोताओं तक प्रसारण माध्यम की पहुंच बढ़ाने के लिए डीजिटल प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया उन्होंने प्रसारण अधिकारियों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करने पर बल देते हुए कहा कि बदलते दौर में प्रसारण क्षेत्र में बहुत से बदलाव हो रहे है और आकाशवाणी और दूरदर्शन को उसी के अनुरुप कार्य करना होगा उन्होंने कार्य संचालन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कई सुझाव दिए कार्यशाला में प्रसार भारती के अमोल पार्थ ने भी अपने विचार रखे कार्यशाला का संचालन दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी की उप महानिदेशक ने किया इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र ईटानगर और डिब्रुगढ़ के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे दोरजी खांड्र स्टेट कनवेंशन सेंटर ईटानगर में आज राष्ट्रीय पोषण माह के तहत राज्यस्तरीय पोषण मेला आयोजित किया गया इसका उद्घाटन राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री आलो लिबांग ने किया अपने संबोधन में उन्होंने राज्यभर से आए महिला और बाल विकास अधिकारियों और कर्मियों से सही पोषण देश रोशन के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया उन्होंने उम्मीद जताई कि यह अभियान राज्य के प्रत्येक नागरिक को संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरुक करने में सफल होगा श्री लिबांग ने इस कार्यक्रम को गांव गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया और सभी आशा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा के साथ काम करने की अपील की राज्य की महिला एवं बाल विकास सचिव निहारिका राय ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के बजट में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है कल पूर्वोत्तर परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के एकजुट प्रयास से ही विकास लक्ष्यों को तेजी से हासिल किया